प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण उपायों के अंतर्गत इस पोर्टल की शुरूआत वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान इस वेब पोर्टल शुरू होने से कर सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढाने में मदद मिलेगी

यह आदेश बीते एक अप्रैल से लागू माना जाएगा अब प्राथमिक शालाओं को मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए प्रति छात्र प्रतिदिन के मान से पांच रूपए उन्नीस पैसे दिए जाएंगे जबकि माध्यमिक शालाओं के लिए सात रूपए पैंतालीस पैसे तय किया गया है इससे पहले प्राथमिक शाला के लिए भोजन बनाने की दर चार रूपए नब्बे पैसे तथा माध्यमिक शालाओं के लिए छह रूपए इकहत्तर पैसे निर्घारित थी राज्य सरकार ने एलपीजी रसोई गैस का उपयोग करने वाली प्राथमिक शालाओं को बीस पैसे तथा माध्यमिक शालाओं को तीस पैसे प्रति छात्र प्रतिदिन के मान से दिए जाने का आदेश जारी किया है कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है राजधानी रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की पत्नी वीणा सिंह की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है वीणा सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री का पूरा परिवार आइसोलेशन पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर श्रीमती वीणा सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है वहीं राजधानी रायपुर के बैजनाथ पारा में कोरोना मरीज मिलने के बाद क्षेत्र को सील कर दिया गया है उधर बस्तर जिले में आज छब्बीस नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि इनमें जगदलपुर और तोकापाल से ग्यारह ग्यारह व्यक्ति शामिल हैं दुर्ग जिले में आज दोपहर तक सात नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें दो दुर्ग से और पांच मरीज भिलाई से हैं वहीं महासमुद जिले में आज पिथौरा और तुमगांव से एक एक नये कोरोना मरीज मिले हैं उधर राजनांदगांव जिले में आज अब तक इकतीस नये कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई इनमें डोंगरगढ़ स्थित आईटीबीपी कैम्प के सात जवान शामिल हैं इधर कोंडागांव जिले में कल चौदह कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे इनमें पांच सीआरपीएफ और पांच आईटीबीपी के जवान शामिल हैं इस बीच राजघानी में बीती रात एम्स में भर्ती एक कोरोना मरीज ने तीसरी मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली मृतक रायपुर के लालपुर का रहने वाला है पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले मृतक की तबीयत खराब होने पर उसका कोरोना टेस्ट कराया गया था रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे सात अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था राज्य में कल देर रात तक कोरोना संक्रमण के तीन सौ साठ नये मामले सामने आए थे इनमें से एक सौ पांच मरीज रायपूर जिले से मिले थे वहीं दूर्ग से उनसठ रायगढ़ से अट्ठाईस और राजनादगांव से अट्ठारह मरीजों की पहचान की गई थी अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से एक सौ चार लोगों की मौत हो चुकी है चिकित्सक नियुक्ति प्रदेश के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में अब सत्तर नये विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे राज्य सरकार ने इस साल जून में विभिन्न चिकित्सा स्नातकोत्तर एमडी एमएस और डिप्लोमा पाठयक्रमों की अंतिम परीक्षा में शामिल नये विशेषज्ञ डॉक्टरों की पदस्थापना सूची जारी कर दी है शासकीय मेकिडल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों डीकेएस सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल विभिन्न जिला अस्पतालों तथा मात्र और शिश् अस्पतालों में इन विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है स्वास्थ्य विमाग ने छह स्नातक एमबीबीएस डॉक्टरों की भी पदस्थापना की हैं उन्हें अलग अलग जिला अस्पतालों में पदस्थ किया गया है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरकारी अस्पतालों में सेवा के साथ अपने कैरियर की शुरूआत करने वाले सभी नये डॉक्टरों को बधाई और शभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि विमाग के साथ इनके जुडने से कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए एक बड़ी टीम मिलेगी ये युवा डॉक्टर शहरों के साथ ही ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों के सरकारी अस्पतालों में काम कर कोरोना संक्रमण के साथ ही अन्य बीमारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं को लोगों तक पहंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे गु हमंत्री समीक्षा बैठक गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कल गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के जिला मुख्यालय पेण्ड्रा में पुलिस अधिकारियों की बैठक र्लेकर जिले में कानून व्यवस्था की समीक्षा की इस मौके पर श्री साह ने कहा कि पुलिस विभाग की कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए कि जनता के मन में पुलिस के लिए सम्मान हो और अपराधियों के मन में भय उन्होंने अपराधों के नियंत्रण के लिए पुलिस बल को सजग होकर कार्य करने के निर्देश दिए गृहमंत्री ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में पुलिस विभाग की अहम भूमिका रही है

इस दौरान श्री अवस्थी ने लंबित प्रकरणों का पन्द्रह दिनों के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि बेसिक पुलिसिंग पर ध्यान देने की जरूरत है डीजीपी ने कहा कि सभी पुलिस अधीक्षक थानों का स्वयं निरीक्षण कर केस डायरी देखें और अपराधों की समीक्षा करें उन्होंने कहा कि थानों के नियमित निरीक्षण से कार्यशैली में सुधार होगा जो भी थाना प्रभारी अपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए श्री अवस्थी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उन्होंने यह भी कहा कि प्रलिस के खिलाफ भिलने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और इन पर तत्काल जांच कर कार्रवाई की जाए डीजीपी डीएम अवस्थी प्रदेश में पुलिस कर्मियों की विभागीय समस्या को दूर करने के लिए पुलिस कर्मचारी और उनके परिजनों से रूबरू होंगे ा इस बारे में छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारिके टवीटर हैंडल से पोस्ट किया गया है पोस्ट में लिखा है कि श्री अवस्थी से पुलिस कर्मी और उनके परिजन अपनी समस्याओं को लेकर वीडियो कॉल के जरिए रूबरू हो सकेंगे इस सविघा को आगामी पन्द्रह अगस्त से शरू किया जा रहा है

मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं पुलिस अधीक्षक शलम सिन्हा ने बताया कि कोबरा बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की संयुक्त टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी इस दौरान जगरगुंडा के जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की इस घटना में चार माओवादी मौके पर ही मारे गए सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं घटनास्थल से थ्री नॉट थ्री रायफल समेत चार हथियार बरामद किए गए हैं उधर राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे दर्रेकसा मुरकुटहो के बीच माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी को सुरक्षा बलो की टीम ने बरामद कर मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया इस बीच नारायणपुर जिले के छोटेडोंगर थाना इलाके में स्थित सुरक्षा बलों के आमदई कैम्प में आज बंदूक की सफाई करने के दौरान अचानक गोली चलने से एक जवान घायल हो गया है जवान के हाथ में गोली लगी है घायल जवान को प्राथमिक उपचार के बाद राजधानी रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है यह जवान सीएएफ की बाईसवीं बटालियन का है ब्राउन शुगर गिरफ्तार महासमुंद पुलिस ने करीब डेढ़ करोड़ रूपए कीमत की सात सौ तीस ग्राम ब्राउन शुगर हेरोईन के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है आरोपी के पास से एक पिस्टल दो मैगजीन और दो जिंदा कारतुस बरामद किए गए हैं मिली जॉनकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर जिले की साइबर सेल और सिटी कोतवाली की संयुक्त टीम ने महासमंद और रायपुर के बीच नदी मोड के पास नाकेबंदी कर दोपहिया वाहन में अवैध रूप से भारी मात्रा में रखे ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा प्रछताछ में उसने बताया कि वह राजस्थान के जोधप्र जिले का रहने वाला है और वह रायपूर स्थित लोकायक्त कार्यालय में पिछले बारह साल से भृत्य के रूप में काम कर रहा है आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है

यह भूगतान सीधे हितग्राहियों के खातों में भेजा जाएगा बिलासपुर कलेक्टर ने बताया कि गौपालकों से गोबर खरीद कर गौठानों में कम्पोस्ट खाद तैयार किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि जिन शासकीय विभागों में खाद की आवश्यकता होगी उन्हें गौठानों से ही खाद खरीदना होगा कलेक्टर ने यह भी कहा कि गौठानों में जितना गोबर खरीदा जा रहा है उसी अनुपात में वर्मी खाद भी बनना चाहिए इसमें किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी बस्तर मले रिया बस्तर संमाग में चल रहे मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत कोंडागांव जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव गांव में जाकर लोगों की जांच कर रही है इसके तहत केशकाल विकासखंड के ग्राम काकोड़ी में छियासठ लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए थे इनमें से सैंतालीस लोग अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं उन्नीस लोगों का इलाज चल रहा है वहीं एक बच्चे की मलेरिया से मौत हो गई है केशकाल के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीके बिसेन ने बताया कि बीते नौ अगस्त को लगाए गए शिविर के दौरान गांव के सभी घरों में मलेरिया कीटनाशक दवाईयों का छिडकाव किया गया है साथ ही ग्रामीणों को आवश्यक दवाईयां देकर आसपास साफ सफाई रखने और अन्य आवश्यक सावधानियां बरतने को निर्देश दिए गए हैं गौरतलब है कि केशकाल विकासखंड के अंतर्गत अब तक एक लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है जिनमें से तीन सौ पैंसठ लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी श्रीकष्ण जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज धार्भिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है इस मौके पर प्रदेश के कृष्ण मंदिरों में जन्मोत्सव के लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं मंदिरों और घरों में आज रात भगवान श्रीकृष्ण की विशेष रूप से पूजा अर्चना कर जन्मोत्सव मनाया जाएगा राजधानी रायपुर में स्थित कृष्ण मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई है राजधानी में टाटीबंध स्थित इस्कॉन मंदिर समता कॉलोनी के राधा कृष्ण मंदिर और गोकृल चंद्रमा मंदिर बुढ़ापारा में सुबह से ही श्रद्दालुओं ने भगवान के दर्शन किए प्रदेश के अन्य शहरों से भी जन्माष्टमी पर्व मनाए जाने की खबर है कोरोना संक्रमण के कारण बीते सालों की तुलना में इस साल मंदिरों में भीड़ कम रही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को बघाई दी है गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बार प्रदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों तथा अनुष्ठानों में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है श्रद्धाल् मास्क पहनने के साथ हैी दो गज की दूरी बनाकर मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं मौसम मौसम विभाग के अनुसार एक मानसून द्रोणिका दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक स्थित है इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है इसके असर से कल छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की भी चेतावनी दी गई है संक्षिप्त समाचार प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में पन्द्रह अगस्त को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह की अंतिम रिहर्सल कल सुबह नौ बजे से की जाएगी आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज रायपुर में जंगली हाथी से सुरक्षा निर्देशिका पुस्तिका का विमोचन किया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन इक्कीस और अट्ठाईस अगस्त को हावड़ा स्टेशन की बजाए बाईस और उनतीस अगस्त को राउरकेला स्टेशन से सुबह छह बजकर पैंतीस मिनट पर छूटेगी यह गाड़ी हावड़ा और राउरकेला स्टशेनों के बीच रद्द रहेगी प्रदेश में लोक स्वास्थ्य परंपरा संवर्धन अभियान के तहत निःशुल्क औषधिक पौधों का वितरण जारी है इसके तहत कल और परसों संजीवनी मार्ट वन कार्यालय बिलासपुर में पौधों का वितरण किया जाएगा राजनांदगांव में आज रेलवे स्टेशन चौक के पास व्यापारिक संगठन कैट की छत्तीसगढ़ राज्य इकाई ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर प्रदर्शन किया जांजगीर चांपा जिले में कीटनाशक दवा की बिक्री में गड़बड़ी करने के आरोप में जोनल मैनेजर और क्षेत्रीय प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है सरगुजा कलेक्टर संजीव कमार झा ने अंबिकापुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर के सभी वार्डो और बाजारों में स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं